सत्र के हंगामेदार होने की सम्भावना

जीएसटी की इंटेलीजेंस विंग ने प्रदेश में आठ सौ करोड़ रूपये के जीएसटी फर्जीवाड़े का खुलासा किया है जीएसटी इंटेलीजेंस पटना के जोनल इकाई द्वारा अब तक की सबसे बड़ी कर चोरी पकड़ी गयी है आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इसके लिए छपरा दिल्ली और कोलकाता में एक साथ छापेमारी की गयी जांच के दौरान कई व्यक्तियों से पूछताछ की गयी इस फर्जीवाड़े में पांच कम्पनी शामिल हैं बताया जाता है कि अलग इन्वॉयस दिखाकर फर्जी कम्पनियों ने एक सौ चौदह करोड़ रूपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया है राज्यपाल लालजी टंडन के अभिभाषण के साथ आज से बिहार विधानमंडल का बजट सत्र शुरू हो रहा है बीस फरवरी तक चलने वाले इस सत्र के दौरान कुल सात बैठकें होंगी सरकार कल वित्तीय वर्ष दो हजार उन्नीस बीस का बजट पेश करेगी इस बार एक नई परंपरा की शुरूआत हो रही है सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण विधानमंडल के सदस्यों के बीच विधानमंडल के सेंट्रल हॉल में होगा सत्र हंगामेदार होने की सम्भावना है विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने सभी दलों के नेताओं से बजट सत्र के सुचारू संचालन और सार्थक विमर्श में सहयोग देने की अपील की है उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी बजट सत्र के पहले दिन बिहार का तेरहवां आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे श्री मोदी ने बताया कि सरकार बजट पूरा पेश करेगी लेकिन सिर्फ शुरू के चार महीने का खर्च लेखा अनुदान के रूप में पास करवायेगी इस बीच विधानमंडल परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गयी है पासधारी व्यक्तियों को ही परिसर के अंदर जाने की अनुमति दी जायेगी रेल मंत्रालय ने रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल में सौ करोड़ रूपये से अधिक के घोटाले की जांच सीबीआई को सौंप दी है यह घोटाला पांच मई दो हजार पन्द्रह से सोलह अगस्त दो हजार सत्रह के बीच का है सीबीआई ने इस अवधि की सभी फाइले मंगवा ली है सीबीआई की विशेष टीम घोटाले की जांच में जूट गयी है बताया जाता है कि रेलवे क्लेम के तहत मृत लोगों के नाम पर मुआवजा हड़प लिया जाता था इसके साथ ही दावों के निपटारें में नियमों का पालन नहीं किया गया है केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज पश्चिम चम्पारण जिले के बगहा में आयोजित समारोह में तीन हजार चार सौ ग्यारह करोड़ रूपये से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग राष्ट्रीय जल मार्ग और केन्द्रीय सड़क निधि की ग्यारह परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन से बिहारवासियों को अनेक फायदे होंगे इन परियोजनाओं के पूरा होने से पूर्वी चम्पारण से पश्चिम चम्पारण की यात्रा सुगम हो जायेगी गंडक और गंगा नदियों के माध्यम से सुगम जल यातायात की सुविधा बिहार को मिल सकेगी बगहा में आरओबी के निर्णय से सड़क जाम से लोगों को मुक्ति मिलेगी केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज मोतिहारी में आयोजित तीन दिवसीय कृषि कुंभ के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे इस दौरान वे कृषि के क्षेत्र में केन्द्र सरकार द्वारा संचालित विकास योजनाओं के बारे में किसानों को बतायेंगे कृषि कुंभ मेला परिसर में आयोजित कार्यक्रम में श्री गडकरी तीन परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे राजस्थान के कोटा मंडल में गुर्जर आरक्षण के समर्थन में विरोध प्रदर्शन और रेल लाईन पर धरना के कारण रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है पूर्व मध्यम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि पटना कोटा एक्सप्रेस अप और डाउन आज निरस्त रहेगी पूर्व राज्यपाल और गांधीवादी विचारक गोपाल कृष्ण गांधी ने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र में हमेशा मतदाता की जीत होती है पटना में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हमें मतदाता के आत्मविश्वास और स्वविवेक पर गर्व करना चाहिए पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव कम होने से राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम अब सामान्य हो रहा है हालांकि वातावरण में ठंड और कनकनी बनी हई है बादल छटते ही पछ्वा हवा का असर भी महसूस किया जा रहा है पछ्वा हवा के कारण प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में रात का तापमान छह से आठ डिग्री सेल्सियस चला गया है वहीं मौसम विभाग ने अगले एक सप्ताह तक प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल छाये रहने और हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की है चौदह से सोलह फरवरी के बीच पश्चिमी विक्षोभ के एक बार फिर सक्रिय होने के चलते प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मध्यम बारिश हो सकती है राज्य में वाहन चालकों और मालिकों को ड्राईविंग लाईसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अब उनके आवासीय पते पर डाक से भेजे जायेंगे परिवहन विभाग इसके लिए डाक विभाग के साथ समझौता कर नई व्यवस्था की शुरूआत कर रहा है परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि पहले चरण में यह व्यवस्था पटना जिले में लागू होगी और बाद में अन्य जिलों में शुरूआत की जायेगी रजिस्ट्रर्ड डाक का खर्च वाहन चालक और मालिकों को अलग से देना पड़ेगा बिहार राज्य खादी ग्राम उद्योग के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी बीएन प्रसाद ने कहा है कि खादी के प्रचार प्रसार के काम में जीविका समूह से जुड़ी महिलाओं की मदद ली जायेगी उन्होंने कहा कि गांव गांव तक खादी की पहुंच सुनिश्चित कराने के लिए जीविका समूह की महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जायेगा पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में भोजपुर जिलों के दो प्रखंडों में इसकी शुरूआत की जायेगी कृषि उत्पादों के संरक्षण और भंडारण के लिए प्रदेश का पहला ई रेडिएशन प्रोसेसिंग यूनिट और पैक हाउस पटना के फतुहा औद्योगिक क्षेत्र में बनेगा उद्योग विभाग की इस योजना को भाभा एटोमिक रिसर्च सेंटर तकनीकी मदद देगा तेलंगाना के सिकंदराबाद में आयोजित सब जूनियर राष्ट्रीय रग्बी फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब बिहार की बालक टीम ने जीत लिया है बिहार ने फाइनल मुकाबले में तमिलनाडु को पन्द्रह पांच से हरा दिया बक्सर में खेली जा रही उनहत्तरवीं बिहार राज्य मोइनुलहक फुटबॉल चैंपियनशिप के दूसरे सेमीफाइनल में पूर्वी चम्पारण ने पटना को दो शून्य से पराजित कर फाइनल में प्रवेश कर लिया है आज खिताबी मुकाबले में पूर्वी चम्पारण का मुकाबला पूर्व मध्य रेलवे दानापुर से होगा अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने प्रयागराज में आखिरी शाही स्नान के लिए उमड़े जन सैलाब की खबर को सचित्र प्रकाशित किया है अखबार की दूसरी प्रमुख सुर्खी का शीर्षक है मुजफ्फरपुर से लूटा गया सोना बरामद दैनिक जागरण ने रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ी खबर का शीर्षक लगाया है सैमसंग ने दी दलाली तो खरीदा गया लंदन में रॉबर्ट वाड्रा का घर दैनिक भास्कर ने अपनी खास खबर को एक सर्वे के हवाले से प्रकाशित किया है जिसमें कहा गया है कि पहले सौ साल तक जीयो बाद में सिगरेट पीयो प्रभात खबर ने राज्य में गहराते जल संकट को प्रमुख सुर्खी बनाया है वाटर लेवल गिरा उन्नीस जिलों के एक सौ दो प्रखंडों में हालत गम्भीर

सत्र के हंगामेदार होने की सम्भावना